वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कल शिमला में अभियान की समीक्षा करने के बाद यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों विद्यार्थियों और महिला व युवक मण्डलों को इस अभियान में सक्रिय रूप से भागीदार बनाया गया है

वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह निर्णय उन खबरों के मद्देनजर लिया गया है जिनमें बताया गया है कि कुछ करदाताओं को विभिन्न कारणों से अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड रहा है डेजी ठाकुर राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डेजी ठाक्र ने कहा है कि महिलाओं को उनके लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने अधिकारों का संरक्षण करने में समर्थ हो सके उन्होंने कहा कि आयोग का उद्देश्य महिलाओं का उत्पीड़न और घरेलु हिंसा रोकने के साथ साथ उनके अधिकारों की सुरक्षा करना भी है

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की यह दूसरी कड़ी होगी भुकंप किन्नौर जिले में कल शाम भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए

मौसम विभाग के अनुसार भूकंप का केंद्र किन्नौर क्षेत्र में ही जमीन से पांच किलोमीटर नीचे रहा और इससे किसी तरह के नुकसान का कोई समाचार नहीं है विधिक शिविर कुल्लू जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने कल नग्गर में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया इसकी अध्यक्षता करते हुए प्राधिकरण के सचिव व अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी अनिल शर्मा ने लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी दी

कांगड़ा भाजपा में खींचतान पर अमर उजाला की सुर्खी है विधायक धवाला ने सीएम से कहा समानांतर सरकार चला रहे राणा

सतलुज किनारे डंपिंग से जुड़ी खबर को पंजाब केसरी ने शीर्षक दिया है एनजीटी ने हिमाचल सरकार से रिपोर्ट मांगी इसी समाचार पत्र के अनुसार वाहन की चपेट में आने से हिमाचली कांवड़िए की मौत एक अन्य घायल दिव्य हिमाचल ने खबर दी है अपने विभाग की उपसमिति से हटाई सरवीण चौधरी मंत्री महेंद्र सिंह होंगे चेयरमैन

दैनिक सवेरा टाइम्स के मुताबिक ग्लोबल इंवैस्टर मीट के लिए चंडीगढ़ लुधियाना में होंगे रोड शो दैनिक जागरण की सुर्खी है नयनादेवी में श्रावण मेलों पर संकट मंदिर परिसर में दरारें मुख्य बस अड्डे से मंदिर तक का रास्ता भूस्खलन की जद में टेंडर रद्द अगस्त में भी डिपुओं में सरसों तेल मिलने पर संशय शीर्षक से खबर को अमर उजाला ने प्रमुखता दी है दैनिक भास्कर की एक अन्य खबर है खड्ड में प्रदूषित पानी डालने पर वैश्वनी कॉस्मेटिक और जेबी ट्रेडर्ज उद्योगों के बिजली कनेक्शन काटे आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से लिखा है मल्टीमीडिया लाइट शो आरंभ करने पर हो रहा विचार